उन्होंने कहा कि हिमाचल समृद्व संस्कृति व उच्च परम्पराओं के लिए जाना जाता है और उनके मन में इसके लिए अपार सम्मान है मुख्यमंत्री ने विपक्षी नेताओं द्वारा संस्कृति व परम्पराओं पर अनावश्यक टीका टिप्पणी को दर्भाग्यपूर्ण बताया उन्होंने कहा कि वे स्वयं सादगीपूर्ण पृष्ठभूमि से संबंध रखते है और आम लोगों की विकासात्मक जरूरतों को भली भांति समझते हैं जयराम ठाकर ने कहा कि विपक्ष में कुछ मित्र उनके दिल्ली दौरे और केन्द्रीय मंत्रियों से राज्य की विकासात्मक जरूरतों पर विस्तुत चर्चा करने को भी नही पँचा पा रहे हैं मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले कई वर्षों से विकास के मामले में चौपाल निर्वाचन क्षेत्र की अनदेखी हुई है उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार ने हर वर्ग के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं श्रू की हैं जिनका उन्हें सीधा लाभ मिल रहा है इस मौके सांसद वीरेन्द्र कश्यप विधायक बलबीर वर्मा नरेन्द्र बरागटा और राज्य सहकारी बैंक के अध्यक्ष खुशी राम बालनाहटा सहित अन्य गणमान्य लोग मौजुद रहे वीरेंद्र कंवर बिलासपुर स्थित गोविन्द सागर जलाश्य में कार्यरत भाखड़ा सहकारी सभा के मत्स्य आवतरण केन्द्र को सर्वोत्तम प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय प्रस्कार से नवाजा गया है आंध्रप्रदेश के विशाखापटनम में हुए एक समारोह में सहकारी सभा के प्रधान को ये पुरस्कार दिया गया पश् पालन व मत्स्य मंत्री वीरेन्द्र कवर ने प्रदेश मात्स्यिकी विभाग व भाखड़ा मत्स्य सहकारी सभा के सभी सदस्यों को पुरस्कार मिलने पर बधाई दी है उन्होंने कहा कि हिमाचल जैसे छोटे राज्य को ये प्रस्कार मिलना गौरव की बात है और इससे युवाओं को इस व्यवसाय से जुड़ने की प्रेरणा मिलेगी इस बीच वीरेन्द्र कंवर र्न आज ऊना जिले में क्टलैहड़ विधानसभा क्षेत्र के बौल में जिला स्तरीय जन सहभागिता पर आधारित वन महोत्सव का शुभारंभ किया इस मौके उन्होंने कहा कि मानव जीवन की सुरक्षा के लिए वन व पर्यावरण का संरक्षण अति आवश्यक है वीरेन्द्र कंवर ने औषधीय पौधे रोपित करने पर भी बल दिया सहजल सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सहजल ने आज सोलन में भाजपा युवा मोर्चा द्वारा आयोजित बाईक रैली को झण्डी दिखाकर रवाना किया उन्होंने कहा कि रैली के माध्यम से केन्द्र सरकार की चार वर्ष की उपलब्धियों और नीतियों के बारे में लोगों को जानकारी दी गई राजीव सहजल ने कहा कि युवा शक्ति की कार्यक्शलता पर देश का भविष्य निर्भर करता है और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में युवाओं के लिए अेनेक नई योजनाएं चलाई गई हैं उन्होंने युवाओं से नशे से दूर रहने का आहवान भी किया

विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल रहे

बिंदल ने राज्य में स्वयं सहायता समृहों के डिजिटीकरण और किसान उत्पादित संगठनों के समर्थन के लिए नाबार्ड की भूमिका को सराहा इस मौके नाबार्ड के क्षेत्रीय कार्यालय के मुख्य महाप्रबंधक रणबीर सिंह ने नाबार्ड के मिशन उद्देश्य और नई पहलों पर प्रकाश डाला कार्यक्रम में उत्कृष्ठ कार्य करने वाले एनजीओ एफपीओ और एसएचजी को सम्मानित किया गया राजीव बिंदल ने नाबार्ड द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश में नाबार्ड और हिमाचल प्रदेश में नाबार्ड की पहलों का प्रभाव नामक दो पुस्तिकाओं का विमोचन भी किया प्रतिनिधिमण्डल हिमालय परिवार हिमाचल प्रदेश के एक प्रतिनिधिमण्डल ने वीरेन्द्र मोहन वशिष्ठ के नेतृत्व में आज शिमला में राज्यपाल आचार्य देवव्रत से भेंट की प्रतिनिधिमण्डल ने पाकिस्तान की जेल में बंद कुलभुषण जाधव की रिहाई के समर्थन में करीब तीन हजार व्यक्तियों के हस्ताक्षर जुटाकर एक ज्ञापन राज्यपाल के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र संघ को भेजा ज्ञापन में कुलभूषण जाधव की शीघ्र रिहाई और पाकिस्तान द्वारा फैलाए जा रहे आतंकवाद के खिलाफ उसकी संयुक्त राष्ट्र संघ से सदस्यता निरस्त करने की मांग की गई है सोसायटी चम्बा जिला के जनजातीय क्षेत्र पांगी में विभिन्न प्रशासनिक अधिकारियों के पद खाली पड़े हैं जिससे लोग परेशान हैं दूर दराज इलाकों से अपना काम करवाने के लिए जिला मुख्यालय चम्बा पहुंचने पर लोगों को मायूसी ही हाथ लगती है ऐसे में हाईटैक एजुकेशन एण्ड वैल्फेयर सोसायटी ने मुख्यमंत्री से प्रशासनिक अधिकारियों के पद जल्द भरने की मांग की है ताकि लोगों को सुविधा हो सके

पांगी के आवासीय आयुक्त चमन हुंचने सभी अभ्यार्थियों और अभिभावकों से समय पर परीक्षा केन्द्र में पहुंचने की अपील की है